सबसिडी के योग्य फल में आम केला अमरूद कीवी लीची संतरा नींब् किन्न् पपीता सेब आदि फल शामिल है जबकि सब्जियों में गोभी हरी मिर्च मटर फलियां बैंगन शिमला मिर्च प्याज टमाटर और आलू सहित कई अन्य सब्जियां शामिल है

उन्होंने कहा कि ओप्रेशन ग्रीनर् जिसके तहत यह सबसिडी दी जानी है आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम है केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने आज उर्वरकों का उत्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कारगुजारी का जायजा लिया बैठक के दौरान श्री गौड़ा ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मख्य प्रबंध निदेशकों को आगामी रबी सीजन के लिए तैयार रहने और किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने की हिदायत भी की उन्होंने उर्वरकों की बिक्री के लिए नकद रहित लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए एक रणनीति बनाने के निर्देश दिये है मंत्री ने बताया कि देश में यूरिया की कोई कमी नहीं है बेशक अच्छी बारिश होने के कारण इसकी मांग बढ़ी है हरियाणा के उप म्र्ख्यमंत्री द्रष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को अपने अपने जिलों में आवश्क्तानुसार सरकारी स्कूलों की चारदीवारी पहंच मार्ग खेल के मैदान व सुबह की प्रार्थना सभा के स्थान को मनरेगा के तहत ठीक करवाने के निर्देश दिये है

पहली बार मनरेगा के तहत जहां गांवों के जलघरों की सफाई करवाई जा रही है वहीं गरीब लोगों के पशुओं के शैड और बायोगैस संयंत्र लगाये जा रहे है उप म्ख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के जिन स्कूलों तक पहंच मार्ग सही हालत में नहीं है उनकों मनरेगा के तहत मज़दरों से ठीक करवाया जायेगा इसके अलावा जहां स्कूलों में खेल के मैदान को मिट्टी से भरने व पक्का करने के जरूरत है भी मनरेगा से यह कार्य किये जायेंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश के वहां जिन स्कूलों में मूलभूत कार्य बजट के कारण अटके हये है उन कार्यो को मनरेगा के तहत समय पर करवाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये है इससे जॉब कार्ड धारकों के कार्य मिलेगा वहीं स्कूलों के विकास कार्य जहां जल्द होने से विदयार्थियों से विदयार्थी व सटाफ को लाभ होगा

मास्क पहन कर ही बाहर जाएं और दो गज की दूरी रखे दूसरों को भी इसका महत्व बताए कोरोना वायरस से ख्द को और अपने आस पास के लोगों को बचाने के लिए कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें यह आपकी समाजिक जिम्मेदारी भी है

राज्य सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है मुख्यमंत्री मनोहर लाल उप म्ख्यमंत्री द्ष्यंत चौटाला और शिक्षा मंत्री कंवरपाल का आभार व्यक्त करते हये राज्य मंत्री अनूप धनक ने कहा कि मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी देकर कर सरकार ने शिक्षा के स्तर में स्धार की दिशा में अपना संकल्प दोहराया है

इन स्कूलो में दाखिला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा इन स्कूलों के लिए शिक्षकों का एक अलग कैडर होगा और इनका चयन मौजूदा सरकारी स्कूलों के अध्यापन स्टाफ में से किया जायेगा प्राथमिक संस्कृति मॉडल में अंग्रेजी और हिन्दी दोनों माध्यम होंगे

आज रोहतक में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में हई पार्टी की बैठक में उपच्नाव के बारे में चर्चा की गई इस बैठक में कृषि मंत्री एवं उप च्नाव के प्रभारी जय प्रकाश दलाल व और करनाल के सांसद संजय भाटिया व रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा मौजूद रहे बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि यह उपच्नाव विकास के मुददे पर लड़ा जाएगा

एक सवाल के जवाब में ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि उपच्नाव बीजेपी जेजेपी गठबंधन मिलकर लड़ेगा लेकिन उम्मीदवार भाजपा का होगा

आज पंचक्ला में हरियाणा परिमडलं के चीफ पोस्टमास्टर जनरल रंजू प्रसाद की अध्यक्षता में राष्ट्रीय डाक सप्ताह के उपलक्ष्य में व्यवसाय विकास दिवस मनाया गया

इस अवसर पर चीफ पोस्टमास्टर ने कोरोना योदधाओं सम्मान में कोरोना योदधाओं पर विशेष आवरण भी जारी किया